कल शाम देशवासियों के नाम अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भले ही लॉकडाउन खत्म हो गया है मगर कोरोना वायरस अभी नहीं गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर व्यक्ति के प्रयासों से भारत में पिछले सात आठ महीनों में स्थिति संभली हुई है जिसे बिगाड़ने के बजाए और अधिक सुधारना है उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया में सकिय लोगों से कोरोना बचाव के नियमों के पालन के संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जन जागरण अभियान चलाने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को आने वाले त्यौहारों की शुभकामनाएं देते हुए कोविड से बचाव के लिए दो गज की दूरी समय समय पर साबुन से हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील भी की

कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉएन के महेंन्द्र ने बताया कि शुरू के दो बैच में सौ सौ सीटों के दाखिले हुए थे मगर तीसरे बैच में सीटें बढ़ा दी गई हैं

नवरात्र शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन आज मां दुर्गा के स्कन्दमाता स्वरूप की प्रजा अर्चना की जा रही है माता का ये स्वरूप नारीशक्ति और मातृशक्ति का सजीव चरित्र है प्रदेश को विभिन्न शक्तिपीठों व मंदिरों में कोरोना बचाव के नियमों का पालन करते हए सुबह से ही श्रद्धालू मां के चरणों में शीश नवा रहे हैं

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कंडक्टर भर्ती से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण के शब्द हैं एचआरटीसी परिचालक व दो सॉल्वर समेत पांच गिरफतार दैनिक भास्कर की सुर्खी है कंडक्टर भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपी ने किया आत्मसमर्पण पंजाब केसरी के शब्द हैं डीजीपी ने एसआईटी को सौंपी केस की जांच

आपका फैसला का कहना है कंडक्टर भर्ती मामले की जांच एसआईटी को सौंपी

पंजाब केसरी ने लिखा है कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सीएम ने ओकओवर में निपटाई फाइलें हिमाचल दस्तक ने उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर के हवाले से लिखा है सीमेंट कीमतों पर नया कानून बनाएगा हिमाचल